सूचना टेक्नॉलोजी और इलेक्ट्रानिक विनिर्माण के पेशेवरों तथा औद्योगिक प्रमुखों के साथ आज नई दिल्ली में वीडियों कांफ्रेंस के जरिए बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि लोग द्रसरों के लिए कार्य करना चाहते हैं और समाज के लिए कार्य करके उसमें अनुकूल बदलाव भी लाना चाहते हैं उन्होंने कहा कि प्रयास चाहे कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हों उनको महत्व दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा टेक्नॉलोजी का फायदा बेहतरीन तरीके से उठा रहे हैं और इसका इस्तेमाल न सिर्फ अपने लिए बल्कि द्रसरों के कल्याण के लिए भी कर रहे हैं जो एक शानदार संकेत है इस अवसर पर केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नॉलोजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आईटी के पेशेवर विशेषज्ञों को समाज के सबसे उपेक्षित व्यक्तियों की मदद के लिए आए आना चाहिए उन्होंने कहा कि आम आदमी का टेक्नॉलोजी के जरिए डिजिटल सशक्तिकरण डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मैं नहीं हम पोर्टल और मोबाइल एप का भी शुभारंभ किया यह पोर्टल सेल्फ फॉर सोसायटी यानी समाज के लिए स्वयं को समर्पित करने की धारणा पर आधारित है और इससे सूचना टेक्नॉलोजी विशेषज्ञों तथा संगठनों को सामाजिक उद्देश्यों के लिए एकजुट होने में मदद मिलेगी यह उम्मीद की गई है कि यह पोर्टल समाज के हित की भावना से प्रेरित होकर काम करने वालों लोगों को एक मंच पर एकजुट होने और सहयोग करने को प्रेरित करेगा

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगना असाधरण स्थिति है श्री जेटली ने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई करने और सीबीआई की संस्थागत ईमानदारी बनाए रखने के लिए दोनों अधिकारी अंतरिम उपाय के तौर पर अवकाश पर रहेंगे उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश और सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य सीबीआई की संस्थागत सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता बहाल करना है श्री जेटली ने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कल अपनी बैठक में कहा था कि न ही श्री अलोक वर्मा या श्री राकेश अस्थाना या उनके निरीक्षणा में कोई अन्य एजेंसी उनके रिवलाफ आरोपों की जांच कर सकती है

छात्र संघ ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा कहीं जाने वाली सियां नदी के कुछ साल से अस्वाभाविक रुप को लेकर ईस्ट सियांग जिले के लोगों के मन में तरह तरह के शंकाए उत्पन्न हो रही है गांधी चौक पर धरना देते हुए छात्रों ने सियांग बचाओं अरुणाचल बचाओं और वाटर ट्रीटी लागू करों जैसे नारे लगाए प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि चीन जब चाहता है सियांग नदी का पानी रोक लेता है और फिर पानी छोड़ देता है जिससे सियांग बेल्ट के लोगों में भय का माहौल है आपसू का मानना है कि सियांग नदी में छोड़े गए पानी में बड़े बड़े बैरल बहकर आया है जिससे पता चलता है कि चीन अपने यहाँ इस नदी पर कुछ बना रहा है इस रैली में भाग लेते हुए ऑल ईस्ट सियांग जिला छात्र संघ के महासचिव तानुंग दारांग ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में सियांग नदी के रुप में अस्वभाविक बदलाव आया है उन्होंने कहा कि कभी पानी का रंग काला हो जाता है तो कभी कई मीटर तक लहरे उठने लगती है और अचानक सियांग नदी का जलस्तर बहुत कम हो जाता है इसके मद्देनज़र उन्होंने जल्द से जल्द भारत और चीन के बीच जल समझौते कर इसे लागू करने पर जोर दिया

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों विशेष रुप से बांस की बड़े पैमाने पर उपलब्धता को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश की भारी संभावनाएं हैं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश की तूलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस आधारित कुटीर उद्योगों की व्यापक संभावनाएं है और इसे ध्यान में रखते हुए जीएसटी कौंसिल ने बांस से बने फर्निचर और अन्य उत्पादों पर जीएसटी को अटठाइस प्रतिशत से घटाकर बारह प्रतिशत किया है

सरकारी विन्नति के अनसार मंत्रियों के समह की अध्यक्षता केन्दीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन और महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को मंत्रिसमूह का सदस्य बनाया गया है